शिमला से वीडियो कांफैसिंग के माध्मय से कल सभी जिला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही

जयराम ठाकर ने कहा कि राज्य में प्रवेश प्रक्रिया सरल बनाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं लेकिन ई पास की प्रक्रिया प्रदेश में लागू रहेगी

मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर आज से मंडी जिले के दो दिवसीय प्रवास रहेंगें एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री आज मंडी स्थित विपाशा सदन में जिला अधिकारियों के साथ चल रहे विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा करेंगे इसके बाद वे बल्ह निर्वाचन क्षेत्र के मंडल कार्यकर्ताओं के साथ मंडल मिलन कार्यक्रम के तहत बातचीत करेंगे

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त बनियादी ढांचे का प्रावधान करने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश फल सब्जियों की मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन सकेगा उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी

अखबारों की सुर्खियों पर कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है मंदिर जल्द खोलने पर विचार कर रही सरकार तैयार होगी एसओपी हिमाचल दस्तक के शब्द हैं प्रदेश में जल्द खुलेंगे मंदिरों के कपाट डीसी एसपी वीडियो कांफ्रेसिंग के बाद बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पंजाब केसरी का शीर्षक है मुख्यमंत्री बोले स्कूल खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं अभी मानसुन सत्र पर ध्यान दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में एंट्री को आसान बनाए डीसी आपका फैसला लिखता है कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करें अमर उजाला ने खबर दी है प्रमोट होंगे दूसरे और चौथे सेमेस्टर के भावी इंजीनियर जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लिया छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय इसी समाचार पत्र ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिंद्र गर्ग के हवाले से लिखा है फर्जी बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों के खिलाफ होगी कार्रवाई अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या की तुलना के आधार पर होगा शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है शहरी निकायों के चुनाव में महिला आरक्षण का फार्मुला तैयार दिव्य हिमाचल की एक खबर है हिमाचल की सीमाओं पर गरजे फाइटर जेट डीसी किन्नौर बोले अभी सीमा पर सब कुछ सामान्य लददाख में शहीद हए मेजर दीक्षांत थापा की अंतिम विदाई से संबंधित खबर को अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है मां ने दिया शहीद मेजर थापा की अर्थी को कंधा

कोरोना की मार अब लोन से होगी जीएसटी गैप फंडिंग शीर्षक से खबर को हिमाचल दस्तक ने प्रमुखता दी है